इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से हाईडल प्रोजेक्ट के जो कार्य रूके हुए थे प्रदेश सरकार उन परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए विशेष कदम उठा रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि हाईडल सैक्टर से देश की आर्थिकी सुदृढ़ होती है और सरकार इस दिशा में सदैव प्रयासरत है बाद में मुख्यमंत्री ने भरमौर में सिविल अस्पताल और आईटीआई भवन की आधारशिला भी रखी मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधायक जियालाल कपूर पवन नैय्यर व बिक्रम जरयाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बागवानी विकास और जल संग्रहण पर साढ़े छः हजार करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं उन्होंने आज मण्डी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया महेन्द्र सिंह ठाक्र ने कहा कि राज्य सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने और किसानों बागवानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं के पूर्ण समाधान के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा कि एचपीशिवा परियोजना के तहत प्रदेश में बागवानी कलस्टर बनाए जा रहे हैं और फसलों के विविधिकरण पर जोर दिया जा रहा है गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कुल्लू जिले में ओल्ड मनाली दुंगरी का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है वे आज दुंगरी गांव में सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मनाली के साथ लगते सभी गांवों में हाल के वर्षो में पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं इसे देखते हुए यहां सभी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है

मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने आज शिमला में योजना के अंतर्गत जैविक व शून्य बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में ये बात कही

बाल्दी ने योजना के माध्यम से हुई प्रगति की सराहना भी की और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया

प्रधान सचिव कृषि ओंकार चंद शर्मा और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के राज्य परियोजना निदेशक राकेश कंवर सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे

भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है भाईदूज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्यौहार आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है इस मौके पर बहनें धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अपने भाईयों का तिलक कर उनकी दीर्घायु और खुशहाली की कामना करती हैं भाई दूज का पर्व कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है और इसे भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है सोलन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार विशेष परिधान में सज धज कर बहनों ने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ अपने भाईयों का तिलक व आरती कर मुंह मीठा करवाया

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है

कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया है कि चार नवम्बर तक शहर के सौंदर्यकरण सहित अन्य कार्य पूरे कर लिए जाएंगे उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शहर की सजावट की जा रही है और सकोह स्थित प्रवेश द्वार से पुलिस मैदान तक विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी